यहां आज एक मामला आया है इससे पहले कल झालावाड भी संकमण की जद में आ गया था

स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि प्रदेश में कोरोना संकमण की स्थिति को देखते हुए घबराने या चिंता करने की जरूरत नहीं है

जयपुर के रामगंज क्षेत्र में आज से समूह आधारित सैम्पलिंग शुरू होगी

कोरोना संकमण की रोकथाम के लिए जयपुर जिले में लगाये गये नोडल अधीकारी अजिताभ शर्मा ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि रामगंज क्षेत्र में पहली बार मौके पर जाकर सैम्पलिंग का कार्य पूरी क्षमता से शुरू कर दिया गया है इसके लिए फिलहाल पांच मोबाईल वेन और दो स्थायी सैम्पलिंग सेन्टर बनाये गये है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश के किसी भी जिले में रह रहे पाक विस्थापित जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध कराने में कोई कमी नहीं रखी जाएगी श्री गहलोत ने इस संबंध में सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष हिन्दू सिंह सोढ़ा का पत्र मिलने के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए केन्द सरकार ने गैर सरकारी संगठनों को भारतीय खाद्य निगम से सीधे अनाज खरीदने की अनुमति दे दी है उपमोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि गैर सरकारी संगठन और परोपकारी संस्थाएं राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान हजारों गरीब और जरूरतमंद लोगों को तैयार भोजन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं भारतीय खाद्य निगम को निर्देश दिया गया है कि वह इन संस्थाओं को बिना ई नीलामी प्रक्रिया के मुक्त बाजार बिक्री योजना की दरों पर गेहूं और चावल उपलब्ध कराए

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शब ए बारात के मौके पर प्रदेशवासियों को मुबारकबाद दी है उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है कि कोरोना वायरस के संकमण को रोकने के लिए लॉकडाउन का पालन करते हुए सामुहिक रूप से इकट्ठा ना हो और सोशल डिस्टेसिंग रखते हुए अपने घर में ही रहकर इबादत करें

राज्य सरकार ने कहा है कि निजी शिक्षण संस्थाएं इस समय किसी भी अभिभावक से फीस नहीं मांगेगी शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि अगर कोई संस्थान ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी उन्होंने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों को अपने यहां काम कर रहे अध्यापकों और अन्य कार्मिकों को समय पर वेतन देना होगा प्रदेश में कोरोना वायरस के संकमण को रोकने के लिए चिकित्सा और पुलिस विभाग के साथ ही विभिन्न संगठन लगातार प्रयास कर रहे है

उधर बीकानेर जिले के पूगल में जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने सब्जीमंडी का दौरा कर व्यापारियों को भीड इकट्ठी नहीं होने के लिए कहा

सवाईमाधोपुर के बरवाडा क्षेत्र में कंवरपुरा रेलवे फाटक के पास पुलिसकर्मियों पर पथराव करने के मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है उधर सीकर में पुलिस ने कोरोना वायरस को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट डालने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है

इस कार्यकम में राजस्थान में आकाशवाणी के समी केन्द्र सकिय भागीदारी निभा रहे है